ये खिचड़ी मकर सकांति के मौके पर विभाग द्वारा एक ही बर्तन में बनाई गई

पर्यटन विमाग द्वारा ये रिकॉर्ड बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने तत्तापानी महोत्सव के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए की उन्होंने मकर सकांति के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी और कहा कि राज्य की समृद्ध संस्कृति को संजोए रखना हम सभी का कर्तव्य है उन्होंने कहा कि तत्तापानी को पर्यटन की दष्टि से विकसित किया जाएगा क्योंकि इस क्षेत्र में जलकीडा की अपार संमावना है इससे पूर्व तत्तापानी पहंचने पर मुख्यमंत्री का स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया मुख्यमंत्री ने बाद में सरौर खड़ड से चराग के लिए बनने वाली उठाऊ पेयजल योजना का शिलान्यास भी किया

मकर सकांति इस बीच मकर सक्रांति का त्यौहार आज प्रदेशमर में ध्मधाम से मनाया गया इसे देवी देवताओं का प्रकाश पर्व भी माना जाता है इस मौके पर धार्मिक सरोवरों में लोगों ने बड़ी संख्या में डबकी लगाई और तुलादान सहित अन्य दान भी किए शिमला के समीप तत्तापानी बिलासपुर के मारकंडा मंडी के रिवाल्सर कुल्लू के वशिष्ठ और मणिकर्ण तथा अन्य पवित्र सरोवरों व नदियों में श्रद्वाल्ओं ने आस्था की ड्बकी लगाई राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजमवन शिमला में पारंपरिक तौर पर तिल व गुड़ बांटकर मकर सकांति का पर्व मनाया आज से ही सूर्य का उत्तरायण भी आरंभ हो गया है इसीलिए लोहड़ी को गर्भियों की शुरूआत भी माना जाता है

मान्यता है कि इस दौरान घाटी के सभी देवी देवता स्वर्गलोक के प्रवास पर चले जाते हैं और बैसाखी के दिन लौटते हैं उधर चंबा जिला की पांगी घाटी में भी मान्यताओं के मुताबिक माता मलासनी को छोड़कर आज से अन्य सभी देवता स्वर्गलोक के प्रवास पर चले गए हैं बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि शिक्षा और खेल विद्यार्थी के चहंमुखी विकास के लिए आवश्यक है और इसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते उन्होंने विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत कर अपने परिवार व क्षेत्र का नाम ऊंचा करने का भी आहवान किया राजीव बिंदल आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला विक्रम बाग के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह के मौके पर बोल रहे थे

बिंदल ने कहा कि देवनी में ट्रासफार्मर की क्षमता बढ़ाने के बाद यहां बिजली की कम वोल्टेज की समस्या का समाधान हो गया है उन्होंने इस मौके पर स्कूल द्वारा प्रकाशित स्मारिका का भी विमोचन किया बिकम ठाकुर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकर ने कहा है कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे मनृष्य का पूर्ण विकास संभव हो पाता है बिकम ठाकुर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गरली के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि जसवां परागपुर को आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाने का उनका सपना तभी पूरा होगा जब इस क्षेत्र से एक भी विद्यार्थी आर्थिक अभावों में पढ़ाई नहीं छोड़ेगा उद्योग मंत्री ने कहा कि जसवां परागपुर के हर ज़रूरतमंद विद्यार्थी की शिक्षा उनकी जिम्मेवारी है और वह हमेशा इसके लिए तैयार हैं उन्होंने इस मौके पर स्कूल के मेघावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया मौसम प्रदेश में मौसम की दुश्वारियां जारी है जनजातीय क्षेत्रों में आज भी रूक रूक कर हिमपात होता रहा जबकि हिमखंड गिरने से लाहौल घाटी के प्यासों गांव में नवांग छेपेलकी की मौत हो गई वहीं चंद्रभागा नदी पर बीते रोज़ डिमरू नाला में हुए हिमस्खलन से नदी का बहाव अभी भी रूका हुआ है ऐसे में ज़िला प्रशासन ने लोगों को थिरोट पूल पार करते समय एहतियात बरतने की सलाह दी है एसडीएम केलंग अमर नेगी ने हिमस्खलन के खतरे को देखते हुए लोगों को अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है उधर किन्नौर ज़िला में पांगी नाला जंगी नाला भगत नाला और टिक्कू नाला में ग्लेशियर आने से यातायात पूरी तरह बाधित है भारी बर्फबारी के मददेनजर जिला प्रशासन ने सांगला और रिकांगपिओ में क्यआर टी को अलर्ट पर रखा है ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके उपायुक्त गोपाल चंद ने कहा है कि जिले में मौसम साफ होते ही जनजीवन को पटरी पर लाने का काम आरंभ कर दिया जाएगा मंडी मनाली मार्ग पर आज दोपहर यातायात फिर से बहाल कर दिया गया है